स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्लाज्मा थरैपी का इस्तेमाल उचित दिशा निर्देशों का शालन किये बिना न किया जाये केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस के बहत कम लक्षणों वाले लोगों के लिए घर में ही संगरोध में रहने के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये

एक बच्ची को स्वस्थ होने के बाद पीजीआई से छ्ट्टी दी गई

भारतीय आयर्विज्ञान अनुसंधान रिषद ने अ ने अध्ययन में कहा है कि इसके लिए एक क्के वैज्ञानिक प्रमाण की जरूरत है

केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस के बहत कम लक्षणों वाले लोगों के लिए घर में ही संगरोध में रहने के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये है स्वास्थ्य मंत्रालय दवारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जिन लोगों में कोरोना वायरस के बहत हल्के लक्षण या लक्षणों से हले वाली एकांतवास की स्विधा है जो वे अ ने घर में ही संगरोध में रह सकते है शरिवार के दूसरे सदस्यों क सम्शर्क में आने से ग्रेज़ करना जरूरी है ऐसे मरीज़ों को चिकित्सको दवारा इलाज के दौरान यह बताया अनिवार्य है कि इनमें कोरोना वायरस के बहत ही कम लक्षण है दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि ऐसे मरीज़ो को निरंतर जिला निगरानी अधिकारी को अधिने स्वास्थ्य के बारे में बताना अनिवार्य होगा ऐसे मरीज़ों की देखभाल करने वाले और सम्पर्क में आने वाले लोगों को डॉक्टर की सलाह और प्रोटोकॉल के अन्सार एहतियात के तौर र हाईड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा का इस्तेमाल भी करना चाहिए इस बीमारी के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए सभी संदिग्ध मरीज़ों को एकांतवास और अस्पतालों में रखा जा रहा है केन्द्र दवारा अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के उददेश्य से तालाबंदी के दूसरे चरण में कुछ शर्तो के आधार प्रर औद्योगिक संस्थानों को खोलने की दी गई अन्मति के बाद हरियाणा मे आर्थिक गतिविधियां श्रू हो गई है चकूला स्थित दवा बनाने की एक ंकं नी के सहायक महा प्रबधंक रणदी सिंह ठाक्र ने धरात र आर्थिक गतिविधियों की इताल करने गई आकाशवाणी चंडीगढ़ की संवाददाता को बताया कि उनकी यूनिट द्वारा पैरासिटामोल मैनीनटोल दवा का उत्पादन किया जा रहा है और बददी स्थित उनकी इकाई में सैनेटाइजर एज्रिओमाइसिन व अन्य दवायें बनाई जा रही है

दवा कं नी के वरिष्ठ प्रबंध बैहत्ल हसन ने बताया कि प्रत्येक कर्मचारी को माइक्रो फॉगिंग द्वारा सैनेटाई भी किया जा रहा है और ता मान देखने के बाद ही कारखाने के अंदर जाने की अन्मति दी जा रही है उन्होंने कहा कि उत्पादन स्थल र जाने के लिए ऐपरन और कैं हनना आवश्यक किया गया है दवा कारखाने में काम कर रहे अरूण कुमार और लक्ष्मी ने इस बार की प्ष्टि की कि सभी दिशा निर्देशों का शालन करते हये उत्शादन किया जा रहा है

उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की मार्च महीने की तनख्वाह बिना काम के हले ही अदा की जा च्की है

हरियाणा में कुरूक्षेत्र चरखी दादरी यमुनानगर सहित नौ जिलों में अबतक कोरोना का एक मरीज़ नहीं है

सिरसा के वरिष्ठ प्लिस अधिकारी राजेश क्मार ने इसकी प्ष्टि करते हये कहा कि लड़ाई अभी लंबी है और सभी नियमों का शालन करना अनिवार्य है उन्होंने कहा कि बेशक नाके हटा दिये गये है लेकिन लोग बेवजह घर से बाहर न निकले अगर बहत आवश्यक कम हो सभी मास्क हन कर बाहर जाये

हमारे संवाददाता ने बताया कि कल रात हई इस घटना में प्लिस के क्छ लोग और डॉक्टर घायल हये है

छोटे लाल ने वेंशन से मिले वैसे से यह दान किया है

उन्होंने आज इस राशि का डिमांड ड्राफ्ट उ ाय्क्त को सौं ा

उन्होंने आरो लगाया कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य र बोनस के वादे से भी पीछे हट रही है

उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदी सिंह सुरजेवाला ने भी राज्य सरकार के फैसलों की आलोचना की और आरो लगाया कि सरकार बार बार अ ने फैसले बदल रही है भिवानी में मार्कसवादी कम्यूनिस्ट ार्टी ने जिला उ ायुक्त को त्र लिखकर मंडियों में सरसों व गेहं की खरीद व उठान तेज करवाने और बैमौसमी बारिश से बचाव हेत् तिर ालों की व्यवस्था करवाने की मांग की है